वस्तु और सेवाकर संग्रह दूसरी बार एक लाख करोड़ रूपये से ज्यादा भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान विराट कोहली ताजा आई सी सी टैस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज से प्रदेशभर में बूथ महासपंर्क अभियान की शुरूआत की गई है इसके तहत पार्टी के बूथ कार्यकर्ता से लेकर सभी विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे जयपुर में केन्द्रीय मंत्री और राजस्थान में पार्टी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने गोविन्द देवजी मंदिर से इस अभियान की शुरूआत की इस मौके पर श्री जावडेकर ने कहा कि अभियान के जरिये लोगों से सीधा संवाद किया जायेगा

प्रकाश जावडेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह है इसमें एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाये जाते है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से झालावाड के तीन दिन के दौरे पर है श्रीमती राजे इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी वे रायपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी इसके अलावा श्रीमती राजे का पिडावा में भी बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बनाये जाने वाले अपने घोषणा पत्र के लिये आज से आम लोगों के सुझाव भी आमंत्रित करेगी इसके लिये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट आज जयपुर में ऑनलाईन एप लोंच करेंगे निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता के लिये चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के तहत झालावाड में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया

प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न बैंक प्रतिनिधियो से कहा कि वे स्वयं मतदान करें और स्टॉफ तथा परिवारजन से भी मतदान करने की अपील करें चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शत प्रतिशत मतदान करने के लिए स्वीप के तहत बैंकर्स को भी जोड़ा गया है भरतपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न प्रकोष्ठ प्रभारियों की बैठक लेकर चुनाव कार्य संबंधी कार्यो की समीक्षा की बैठक के दौरान निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने स्वीप कार्यक्रम में तेजी लाने के निर्देश दिए साथ ही मतदान में भरतपुर को राजस्थान में प्रथम स्थान पर लाने के लिए तल्लीनता के साथ काम करने को कहा वस्तु और सेवा कर प्रणाली जीएसटी के पिछले वर्ष जुलाई में लागू होने के बाद से दूसरी बार कर संग्रह एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गया है इस साल अक्टूबर में कुल एक लाख सात सौ दस करोड़ रुपये की वसूली हुई

इन उत्पादों में बादाम अखरोट और दाल शामिल हैं वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी वाणिज्य मंत्रालय ने शुल्क बढ़ाने के लिये वित्त मंत्रालय से समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था जून में भारत ने अगस्त से सीमा शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया था लेकिन यह समय सीमा अब तक दो बार बढ़ाई जा चुकी है केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों के चार न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने मंगलवार को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता अजय रस्तोगी एमआर शाह और आर सुभाष रेड्डी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और सम्बन्धित जिला कलक्टर को दो सप्ताह में प्रदेश में वाणिज्यिक अदालतें शुरू करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और दिनेश मेहता की खण्डपीठ ने जोधपुर जिला कलक्टर को ग्रामीण ट्रेजरी स्थित ओटीएस भवन खाली होने तक पंद्रह दिन में वैकल्पिक व्यवस्था करने और चोखा में ओटीएस की निर्माणाधीन बिल्डिंग को चुनावी आचार संहिता की परवाह किए बिना टेंडर जारी कर तुरंत निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू ने आभूषण कारोबारियों और निर्यातकों की दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा है कि उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिये क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए श्री प्रभू ने नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद कहा कि सरकार आभूषण कारोबार को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के साथ मिलकर काम कर रही है

इसका इस्तेमाल करते हुए स्वर्ण आभूषणों के निर्यात की व्यापक संभावनाये मौजूद हैं स्वर्ण आयात शुल्क में कटौती की मांग पर उन्होंने कहा कि चालू खाता घाटा को देखते हुए यह फिलहाल संभव नहीं है

सप्ताह के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा नियम और कानूनों की जानकारी दी जाएगी जोधपुर सेन्ट्रल जेल में यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की ओर से लगाई गई पैरोल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है

जिला पैरोल कमेटी के अध्यक्ष जिला कलक्टर डॉ रविकुमार सुरपुर और अन्य सदस्यों ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि अर्जी सही प्रक्रिया से नहीं लगाई गई यह अर्जी सेंट्रल जेल के जरिए लगानी थी भारतीय क्रिकेट टीम और कप्तान विराट कोहली आई सी सी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बने हए हैं